इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा आज खगडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अनियान इसी भावना इसी जरूरत को पूरा करने का बहुत बढ़ा माध्यम है

हमारा प्रयास है इस अमियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते है कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो प्रघानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई क्शल कामगार अपने घर लौट गए ऐसे में इन क्शल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजद्रों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले उन्हॉने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे

उन्होंने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया है वह शहरों के लिए एक बड़ी सीख है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की श्रूआत की गई है और इस अभियान के श्रू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर एक दश्मलव सात पांच लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तीन महीने में अस्सी करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दस हजार करोड़ रूपर्ये से ज्यादा की राशि बीस करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में सीधे डाली गई उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है उन्होंने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना का श्मांरम किया यह अभियान बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा और राजस्थान के एक सौ सोलह ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा है कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं केन्द्र सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर एक हजार खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है इन केन्द्रों को पूर्व चैम्पियन चलायेंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जायेगा केन्द्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है इसलिये हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल युवाओं के लिये एक उपयुक्त करियर विकल्प बने आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं नम्बर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छ सात यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सना जा सकता है